पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए चुनाव आचार संहिता से पहले मंत्रिमंडल की बैठक को अहम माना जा रहा है बैठक में कोरोना को लेकर शिमला सहित चार जिलों में जारी रात्रि कर्फ्यू और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने सम्बंधी फैसले लिये जाने की उम्मीद है

आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की

आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है

आयोग के सचिव डॉ जितेंद्र कंवर ने बताया कि ये परीक्षा सोलन परीक्षा केन्द्र पर टीजीटी आर्ट्स के स्थान पर स्टेनो टाइपिस्ट के प्रश्न पत्र वितरित करने के कारण रद्द की गई है उन्होंने कहा कि सम्बंधित परीक्षा केन्द्र के समन्वयकों व उपमंडलाधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

ऋगवेद हिम सुरक्षा अभियान के तहत मंडी ज़िले में आज से सभी पंचायतों में कोरोना को लेकर विशेष सैंपल एकत्रण शिविर लगाए जाएंगे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ज़िला प्रशासन का विशेष ध्यान कोरोना टैस्टिंग बढ़ाकर रोग का जल्द पता लगाने पर है उन्होंने सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने का आग्रह किया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक हैं कैबिनेट बैठक आज कोरोना और रात्रि कर्फ्यू पर होगी चर्चा दैनिक भास्कर ने लिखा है नाइट कर्फ्यू और फाइव डे वीक तय करने पर कैबिनेट आज लेगी फैसला दैनिक जागरण के शब्द हैं मंत्रिमण्डल बैठक आज रात्रि कर्फ्यू पर होगा फैसला

दिव्य हिमाचल की एक खबर है टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा में बांट दिये स्टेनो टाइपिस्ट के पेपर आपका फैसला के मुताबिक टीजीटी और प्रमोट किये गए लेक्चरर को इसी सप्ताह मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा शिक्षा मंत्री ने आचार संहिता लगने से पहले फाइल क्लीयर करने के दिये निर्देश